राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद में अपने अभिभाषण में कहा केन्द्र सरकार ने देश के किसानों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं भीलवाड़ा जिले में शराब दुखान्तिका में चार लोगों की मौत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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

सर्वेक्षण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रहने का अनुमान है

सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना महामारी के प्रकोप से सेवा विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में तेज से गिरावट आई इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए और अधिक सक्रिय नीतियां बनाना और उन्हें पूरी वित्तीय जिम्मेदारी के साथ लागू करना आवश्यक है

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिक अधिकार तथा शक्तियां हासिल करने में मदद करना है

उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के कई देशों को कोरोना महामारी के लाखों टीके मुफ्त उपलब्ध कराकर मानवता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने महामारी की वजह से अपने घरों को वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की मुसीबतों का भी पूरा ध्यान रखा है

पांच और लोगों की तबियत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इनमें से दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जहरीली शराब पीने से बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती लोगों से मुलाकात की प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया क्षेत्र में आबकारी विभाग ने शराब की तीन दुकानों को सील कर दिया है

मुख्यमंत्री अशोक गइलोत ने ट्वीट कर इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरा दुख जताया है और बीमार लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया ने भी ट्वीट कर कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है और इससे सरकार की लापरवाही जाहिर होती है उन्होंने कहा कि जहरीली शराब पीने से बीमार हुए लोगों की हालत बहुत खराब है और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए

कोर्ट ने उसे दो दिन के लिए जेल भेज दिया

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक करोड तीन लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं

कार्यकम में जनरल ऑफीसर कमांडिंग सब एरिया मेजर जनरल राजेन्द्र राय ने वीर चक प्राप्त सैनिकों और शहीदों के परिजनों का सम्मान किया

शीतलहर के चलते आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान दस डिग्री सैल्सियस से नीचे दर्ज किया गया मौसम विभाग के अनुसार माउंट आब्र में न्यूनतम तापमान एक बार फिर जमाव बिंदू से साढ़े चार डिग्री नीचे लुढ़क गया

मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के विभिन्न जिलों में आज और कल अत्यधिक शीतलहर की संभावना जताई है विभाग ने कहा है कि कुछ स्थानों पर अगले दो तीन दिनों तक ठंडी हवाओं का दौर बना रहेगा